गगनयान मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन गगनयान को मंजूरी दे दी है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि वास्तविक मानव मिशन से पहले दो बार बिना मानव के मिशन को अंजाम दिया जायेगा जिनमें प्रक्षेपण यान मॉड्यूल तथा अन्य सभी उपकरणों सहित पूरी प्रक्रिया वास्तविक मिशन की तरह ही होगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हई मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी इसके तहत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा वाले अंतरिक्ष में भेजा जायेगा

राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि योग एक ऐसी शक्ति है जिसने भारत को दुनिया में विशेष पहचान दिलायी मुम्बई योग संस्थान के एक सौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा कि एकजुटता ही योग का दूसरा नाम है जो दुनिया की संस्कृतियों को आपस में जोडता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश में योग को बढावा देने के लिए बहुत योगदान कर रही है राष्ट्रपति ने योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की सराहना की है

यह इस कार्यक्रम का इक्यावन वां संस्करण होगा

तलाक विधेयक केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में राजनीति नहीं करने की अपील करते हुए आज उम्मीद जताई कि इसे राज्यसभा में पारित करने के लिए सभी दलों का सहयोग मिलेगा श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीन तलाक से संबंधित विधेयक का राजनीतिक विरोध हो रहा है जबकि यह महिलाओं को न्याय दिलाने का विधेयक है उन्होंने कहा कि इस पर वोट की राजनीति नहीं की जानी चाहिए

अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा

उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री उच्च स्तर पर प्रयास कर रहे है कि मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण शीघ्र हो जाए और उनकी राज्य के बड़े नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में बातचीत जारी है बताया गया है कि गृह वित्त नगरीय प्रशासन लोक निर्माण सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभागों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है वही सूत्रों ने दावा किया है कि आज रात तक सूची जारी हो सकती है यूरिया प्रदेश में रबी सीजन के दौरान किसानों को यूरिया की आपूर्ति लगातार की जा रही है

इसके बाद संबंधित जिलों में इनके वितरण की कार्यवाही भी तेज गति से चल रही है यूरिया का वितरण व्यवस्थित तरीके से हो इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये गये हैं इसके साथ ही किसानों को कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों द्वारा रबी फसलों की सुरक्षा के संबंध में सम सामयिक सलाह भी दी जा रही है

भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी का ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति की प्रतिज्ञा दिलाई इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे

इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला और ब्लाक स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किये गये इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास और उसके योगदान की जानकारी दी फिल्म कांग्रेस फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रतिबंघ लगाए जाने संबंधी खबरों का खण्डन किया है आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में गलत प्रचार कर रही है उन्होंने कहा कि उनकी किसी भी फिल्म पर रोक या प्रतिबंध लगाने की कोई मंशा नहीं है कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट के जरिये यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों की द्र्दशा तथा जीएसटी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने से रोकने का प्रयास कर रही है पुलिस बलप्रयोग मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रायसेन और शिवपुरी जिले के करैरा में यूरिया खाद लेने आए किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित बलप्रयोग की घटनाओं को आज गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक से इनकी जांच के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा है कि यह बलप्रयोग अनावश्यक था या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया उन्होंने कहा कि अनावश्यक बलप्रयोग करने पर संबंधित पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए नोट जब्त ग्वालियर में आज क्राइम ब्रांच पुलिस ने चलन से बंद हो चुके पांच सौ रुपये की गड्डिया जब्त कर इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार आरोपी उत्तर प्रदेश के शिकोहावाद और नरसिंहपुर जिले के निवासी बताये गये हैं इन आरोपियों के पास से सात लाख रूपये के नोट जब्त किये गये है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

शासकीय ललित कला महाविद्यालय इंदौर के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी में सभी आयु वर्ग के कलाकार भाग ले सकेंगे

प्रदर्शनी में शामिल होने के लिये कोई शुल्क नहीं रखा गया है अन्य माध्यम से आवेदन प्रवेश पत्र के रूप में स्वीकार किये जायेंगे इस प्रदर्शनी में भोपाल इंदौर और उज्जैन संभाग के कलाकार भाग ले सकेंगे मौसम उत्तर की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में रहा जहां रात का तापमान चार दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो पिछले दस वर्षो में सबसे कम तापमान है वहीं बैतूल प्रदेश का सबसे ठंडा नगर रहा जहां न्यूनतम तापमान दो डिग्री पर पहुंच गया

इसके अलावा खजुराहो और उमरिया में कड़ाके की ठंड़ पड़ रही है जहां पारा तीन डिग्री रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान ग्वालियर चंबल रीवा सागर शहडोल और उज्जैन संभागों के जिलों में तथा जबलपुर मण्डला सिवनी बालाघाट और धार जिलों में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई है वैज्ञानिकों का कहना है कि बैतूल होशंगाबाद उमरिया और छतरपुर जिलों कें कुछ स्थानों पर पाला पड़ सकता हैं